बारिश प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है भिंड जिले में चंबल नदी उफान पर है जिसके कारण नदी किनारे बसे जिले के अटेर क्षेत्र के आठ गांव टापू बन गये है

जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे छह गांवों के ग्रामीणों को रेस्क्यू के लिये सेना बुलायी है भिंड के कलेक्टर छोटे सिंह ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है

उधर मंदसौर में बाढ़ के हालात अभी भी कायम है शहर की कई निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है बाढ़ प्रभावित हजारों लोग अभी भी राहत शिविरों में है

रतलाम रायसेन श्योपुरविदिशा सहित कई जिलों मे नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है सिधिया शिवराज बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिर्रादित्य सिंधिया ने कहा है कि मंदसौर और नीमच में अभी भी बाढ़ से भयावह हालात बने हुए है उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्य में तेजी लायी जावे और प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दिलायी जाए उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कुछ गांवों का दौरा किया

राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग के लिए प्रयास करना कुलपतियों का उत्तरदायित्व है कुलपतियों को शैक्षणिक गृणवत्ता को बेहतर बनाने समय अनुसार नये प्रयोग और शोध करने रिक्त पदों की पूर्ति शैक्षणिक कैलेण्डर लागू करने विद्यार्थियों को रोजगारपरक उच्चतम ज्ञान देने और बुनियादी सुविधाएँ जुटाने के लिए जवाबदारी के साथ कठोर और नवाचारी कार्य करने होंगे

यह दिवस भारतरत्न एमविश्वैश्वरैया के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अभियंता दिवस पर इंजीनियरों को बधाई दी है उपराष्ट्रपति ने कहा कि एमविश्वैश्वरैया एक दूरदृष्टा सिविल अभियंता थे जिन्होंने बांधों के माध्यम से भारत के जल स्त्रोतों का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अभियंता लगन और दुढ़ निश्चय के पर्याय है मानवीय प्रगति उनके उत्साहपूर्ण नवाचार के बिना अध्री है राज्यपाल लालजी टंडन ने अभियंता दिवस पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह दिन उन सभी अभियंताओं को समर्पित है जिन्होंने अपने महान विचारों और नवाचारों के साथ पूरी दुनिया को बदल दिया

प्लास्टिक भ्रम अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट ने केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर से एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के बारे में फैले भ्रमों को दूर करने का अनुरोध किया है कैट ने आज एक पत्र लिखकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आव्हान के बाद व्यापार और उद्योग जगत में कई तरह के भ्रम बने हुए है परिसंघ ने अनुरोध किया है कि पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में उपर्यक्त दिशा निर्देश तुरंत जारी करना चाहिये जिससे व्यापार एवं उद्योग जगत उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सके

संघ हर जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौपेंगे

इसमें भगवत रावत और उनका समय विषय पर कवि नरेन्द्र जैन मुख्य वक्ता होंगे